उच्चतम न्यायालय अयोध्या रामजन्म भूमि विवाद मामले में आज सुबह फैसला सुनाएगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में संविधान पीठ सुबह साढ़े दस बजे फैसला सुनायेगी पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति एसए बोबड़े डीवाई चन्द्रचूड़ अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर हैं सर्वोच्च न्यायालय ने चालीस दिन की लगातार सुनवाई के बाद सोलह अक्तूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि कोर्ट का फैसला कुछ भी हो यह किसी की जीत या हार नहीं होगी प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को प्राथमिकता देने की अपील की कि यह निर्णय भारत की शांति एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और मजबूती देगा अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के आज आने वाले फैंसले को लेकर बिहार में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सभी अड़तीस जिलों में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूर्ण चौकसी बरतने का निर्देश दिया है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने जिले में शांति बनाये रखने के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम ने सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को शांति बनाये रखने के लिये पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है भागलपुर जिले के सभी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों और धार्मिक स्थलों पर विशेष नजर रखने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कहा गया है सुपौल के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने सभी पुलिस उपाधीक्षकों एवं थाना प्रभारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है औरंगाबाद के जिलाधिकारी राजीव रंजन महिवाल ने अधिकारियों को एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं उधर रेलवे ने भारत नेपाल सीमा से लगे पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल में भी हाई अलर्ट कर दिया है मंडल सुरक्षा आयुक्त अंशुमान त्रिपाठी ने कहा कि रेल गुप्तचर शाखा रेलवे सुरक्षा बल और रेल पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधेप्रा किशनगंज और पूर्णिया के अपने प्रस्तावित कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है वे आज वाल्मीकिनगर से पटना लौट आयेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पंजाब के गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर से जुड़े डेरा बाबा नानक में एकीकृत चौकी का उद्घाटन करेंगे वे डेरा बाबा नानक में जनसभा को भी संबोधित करेंगे इस एकीकृत चौकी से पाकिस्तान में गुरूद्वारा करतारपुर साहिब जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को सुविधा होगी इस कॉरिडोर का निर्माण सिखों के पहले गुरू गुरू नानक देव जी महाराज के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व के अवसर पर किया गया है इधर पटना में तख्तश्री हरिमंदिर साहिब गुरूद्वारा में पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं ग्यारह और बारह नवंबर को मुख्य समारोह आयोजित किया जायेगा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि तेईस नवंबर तक बढ़ा दी गयी है प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है और नई तिथि के हिसाब से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है परिवहन निगम आज से राजधानी पटना और कई जिला मुख्यालयों के बीच चलने वाली पंद्रह साल पुरानी बसों को नहीं चलायेगा पंद्रह साल पुराने व्यावसायिक वाहनों के पटना शहरी क्षेत्र में परिचालन पर प्रतिबंध लगाने के बाद परिवहन विभाग ने अपनी पंद्रह साल पुरानी बसों पर रोक लगा दी है ये निर्णय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये किया गया है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार एक लाख डिजिटल ग्राम की स्थापना करेगी उन्होंने कहा कि प्रायोगिक आधार पर फिलहाल इस प्रकार के करीब आठ सौ गांव कार्यरत हैं उन्होंने नई दिल्ली में द्रसंचार विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत में यह बात कही श्री प्रसाद ने कहा कि डिजिटल ग्राम की स्थापना का उद्देश्य लोगों को डिजिटल के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा के साथ साथ कौशल विकास को बढ़ावा देना है श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बाल मजदूरी कराने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि बाल श्रम एक कानूनी अपराध है और अधिकारियों को बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना चाहिये सीतामढ़ी जिले में निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने सिविल सर्जन रविंद्र कुमार को आज तड़के पचास हजार रूपये घूस लेते हुये रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया सूत्रों ने बताया कि सिविल सर्जन कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले में रिश्वत ले रहा था भारतीय रिजर्व बैंक ने कम आय वर्ग के लोगों को ऋण उपलब्ध कराने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और लघु वित्त संस्थानों से ऋण लेने की पारिवारिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक लाख से बढ़ाकर एक लाख पच्चीस हजार रूपये कर दी है इसी प्रकार शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए यह सीमा एक लाख साठ हजार से बढ़ाकर दो लाख रूपये की गई है इसका उद्देश्य आर्थिक पायदान के सबसे निचले स्तर पर पहुंचे लोगों को ऋण मुहैया कराना है सारण जिले के हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपूर मेले की तैयारी अंतिम चरण में है मेले का उद्घाटन कल उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी करेंगे मेला समिति के सचिव एवं सारण के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन बताया कि इस बार मेले में आकर्षण का मुख्य केंद्र पहली बार आयोजित होने वाला पुस्तक मेला होगा पुस्तक मेले में देश और विदेश के प्रकाशक अपनी पुस्तकों के साथ शामिल हो रहे हैं सोनपुर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में स्नान को लेकर उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे ने ग्यारह से तेरह नवंबर के बीच तीन जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है इसके अलावा रेलवे ने इस दौरान कुछ ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव भी सोनपुर में दिया है कला संस्कृति और यूवा मामलों के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक धार्मिक और पौराणिक स्थल गजना धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी श्री कुमार ने गजना महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद कहा कि इस स्थल के समग्र विकास तथा पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार एक कार्ययोजना बनाएगी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले गये विजय मर्चेंट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट मुकाबले में झारखण्ड ने बिहार को एक पारी और उनचास रनों से पराजित कर दिया राज्य सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के लिये गठित बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण और कार्यक्रम प्रबंधन सोसायटी की परामर्शी एजेंसी के साथ करार को समाप्त कर दिया है बेगुसराय के नावकोठी के बभनगामा में आज सुबह आग में झुलसने से दो लोगों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले से जूड़ी खबरों को प्रमुखता से छापा है दैनिक भास्कर ने इस खबर को आकड़ों और तथ्यों के साथ प्रकाशित करते हुये शीर्षक लगाया है सबको सन्मति दे भगवान हिन्दुस्तान ने इस खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुये लिखा है अयोध्या विवाद पर फैसला आज अयोध्या मामले को लेकर प्रदेशभर में बढ़ायी गयी सुरक्षा व्यवस्था को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है दैनिक जागरण की सुर्खी है सोनिया राहुल व प्रियंका की एसपीजी सुरक्षा हटी प्रभात खबर की सुर्खी है आज से परिवहन निगम की पंद्रह साल पुरानी बसें नहीं चलेंगी